सुकमा जिले में दो महिलाओं सहित दस माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पॉवर के रूप में दर्ज करा दिया है

अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहुत ही जटिल अभियान था जिसे असाधारण सूक्ष्मता के साथ हासिल किया गया प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया कि भारत इस क्षमता का उपयोग किसी के खिलाफ नहीं करेगा और यह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है

इसके साथ ही इन क्षेत्रों में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नामांकन भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है वहीं पांच अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं तीसरे चरण के तहत रायपुर दुर्ग बिलासपुर कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ और सरगुजा में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई कांकेर में एक नामांकन पत्र निरस्त हुआ और सात नामांकन सही पाए गए वहीं महासमुंद में अट्ठारह नामांकन पत्रों में से चार नामांकन निरस्त हो गए हैं वहीं राजनांदगांव में पांच नामांकन खारिज कर दिए गए हैं इन तीन सीटों के लिए कुल चौव्वन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं इनमें महासमुंद से अट्ठारह उम्मीदवारों ने चौंतीस नामांकन भरे थे वहीं राजनादगांव से चौबीस उम्मीदवारों ने तैंतालीस और कांकेर से बारह उम्मीदवारों ने बाईस नामांकन पत्र जमा किए थे दूसरे चरण के लिए उनतीस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं वहीं ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है आठ प्रत्याशियों में से एक का फॉर्म निरस्त होने के बाद सात पर्चे सही पाए गए पहले दौर की इस सीट पर अट्ठाईस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे बस्तर में इस बार एक भी निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है

संबंधित जिलों में ईव्हीएम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है मतदान दलों का भी गठन कर लिया गया है सभी निर्वाचन सामग्री जिलों में दी जा चुकी है श्री साहू ने बताया कि लोकसभा चुनाव में भी मतपत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की फोटो लगी होगी सभी जिलों में ईव्हीएम और वीवीपैट के लिए स्ट्रांग रूम और मतदान दलों के वितरण और वापसी के लिए केन्द्रों का चयन किया जा चुका है उन्होंने बताया कि नाम वापसी के तत्काल बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बस्तर के लिए इस बार एक हजार आठ सौ अटहत्तर मतदान केन्द्र बनाए गए हैं इस लोकसभा सीट से तेरह लाख बहत्तर हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लिए दो हजार एक सौ चालीस मतदान केन्द्र बनाए गए हैं यहां पर सोलह लाख बत्तीस हजार से अधिक मतदाता हैं राजनांदगांव में सत्रह लाख दस हजार से अधिक मतदाताओं के लिए दो हजार तीन सौ बाईस केन्द्र बनाए गए हैं इसके साथ ही कांकेर में दो हजार बाईस मतदान केन्द्रों में पंद्रह लाख बावन हजार से अधिक मतदाता वोट डालेंगे सुब्रत साहू समीक्षा इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने आज जगदलपुर पहुंचकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने बस्तर संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए श्री साहू ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहर पंचायत और ग्राम स्तर पर व्यापक जन जाकरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है

बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती की जानकारी दी बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नायक ने बताया कि बस्तर में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सुरक्षा बलों को चुनाव के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है लोस चुनाव कार्यकर्ता सम्मेलन पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिले की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है भाजपा के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज चार जिलों रायगढ़ सरग्जा बिलासपुर और बेमेतरा का दौरा किया उन्होंने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और पदाधिकारियों से मुलाकात की साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीतियों से भी अवगत कराया उधर कांग्रेस द्वारा भी प्रदेश में लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है इसी के तहत आज शाम भिलाई में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है सम्मेलन में विधायक देवेंद्र यादव सांसद प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर सहित कई वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल महासमुंद जिले के भूकेल गांव में चुनावी आमसभा लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करेंगे सी विजिल ऐप प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के निराकरण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल ऐप की सुविधा दी गई है इसके माध्यम से कोई भी मतदाता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग से कर सकता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आयोग को छब्बीस मार्च तक नब्बे शिकायतें मिली थीं जिनमें से नवासी शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है इनमें से इकतीस शिकायतें सही पाई गई हैं वहीं आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ग्यारह शिकायतें दर्ज की गई हैं इनमें से तीन के खिलाफ कार्रवाई की गई और आठ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पुनीत गुप्ता बयान रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मशीनों की खरीदी में करोड़ों रूपये की गड़गड़ी और भर्ती में अनियमितता के मामले में पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता आज भी अपना बयान दर्ज कराने पुलिस थाना नहीं पहुंचे डॉक्टर गुप्ता ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए पुलिस से बीस दिन की मोहलत मांगी थी लेकिन पुलिस ने उन्हें केवल तीन दिन का समय दिया है अब उन्हें तीन दिन में थाने आकर बयान दर्ज कराना होगा नहीं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है इस में डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज है गौरतलब है कि इस मामले में बीस से अधिक लोगों के बयान पुलिस दर्ज कर चुकी है

आज दो महिलाओं समेत दस माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया कोंटा थाना के बालेंगतोंग गांव के रहने वाले इन माओवादियों ने कोंटा थाना प्रभारी शरद सिंह और सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद कुमार के समक्ष समर्पण किया इन पर वाहनों में आगजनी और बम लगाने जैसे कई मामले दर्ज थे युविका ऑनलाइन पंजीकरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए इस वर्ष से एक विशेष कार्यक्रम युवा वैज्ञानी कार्यक्रम युविका की शुरूआत की है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते हुए क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी पैदा करने के साथ उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष के इस्तेमाल के बारे में बुनियादी ज्ञान देना है स्कूली बच्चों के लिए इसरो का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छट्टियों के दौरान करीब दो सप्ताह का होगा प्रशिक्षण के लिए सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम वाले प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश से तीन छात्रों का चयन किया जाएगा नौवीं उत्तीर्ण छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीन अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए इसरो की वेबसाइट देखी जा सकती है संक्षिप्त समाचार कबीरधाम जिले के क्कद्र क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से आठ टन विस्फोटक बरामद किया है इस मामले में वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायगढ़ जिले में की जा रही वाहनों की जांच के दौरान आज सरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो व्यक्तियों के पास से करीब बावन तोला सोने के आभूषण जब्त किए हैं